मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा रोहतांग सुरंग बनने से लाहौल घाटी में बढ़ेंगी पर्यटन गतिविधियां

अटल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे

एक प्रखर वक्ता होने के अलावा वे एक लेखक कवि निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी स्वर्गीय अटल को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्वांजलि दी

उन्होंने इस मौके पर अटल द्वारा हिमाचल के विकास में दिए गए योगदान को याद किया और कहा कि इसे प्रदेशवासी कभी नहीं भुला सकते शिमला स्थित भाजपा कार्यालय में भी एक समारोह में स्वर्गीय अटल को श्रद्धांजलि दी गई जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उन्होंने विपक्ष को बेवजह के मुद्दे उठाने की बजाय जनहित के मुद्दे उठाने की भी सलाह दी मुख्यमंत्री आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे

उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही को चलाने में सहयोग की भी अपील की मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष पिछले विधानसभा सत्रों में गैर ज़रूरी मुद्दे उठाता रहा है जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में हार के रूप में उठाना पड़ा उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो सत्र की अवधि और बढ़ाई जाएगी सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में ठियोग क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और प्रजामंडल आंदोलन को हमेशा ही स्मरण किया जाता है सुरेश भारद्वाज आज दो दिवसीय ठियोग उत्सव के समापन समारोह के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में ठियोग के सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि वे क्टलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और जल्द ही कई बड़ी परियोजनाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली है वीरेन्द्र कंवर आज थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे

इन सड़कों पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा राकेश जमवाल सुंदरनगर के विधायक राकेश जमवाल ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है राकेश जमवाल ने आज सुंदरनगर के जवाहर पार्क में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पंचायतों में तेजी से विकास कार्य कर रही है ताकि लोगों को शीघ्र योजनाओं का लाभ मिल सके जमवाल ने इससे पहले सुंदरनगर में ही पंचायत समिति विश्राम गृह का शिलान्यास किया

जनजातीय उत्सव कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राज्यस्तरीय जनजातीय उत्सव लाहौल स्पीति की समृद्ध संस्कृति को सहजने मे महत्वपूर्ण भ्रमिका निभा रहा है मारकंडा आज केलांग में जनजातीय उत्सव के समापन अवसर पर बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग के बन जाने से जिले में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी ऐसे में लाहौल घाटी को स्पीति और लेह लद्दाख की तर्ज पर अपनी संस्कृति को बचाये रखना है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले

सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो दो खेल मैदान बनाए जाएंगे

उन्होंने कहा कि खेल मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक है डीसी शिमला शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने अधिकारियों को बाल विकास संरक्षण और एकीकृत बाल संरक्षण योजना के बारे में लोगों को जनमंच के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने को कहा है उपायुक्त आज जिला बाल विकास संरक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि जिले में बच्चों के विकास व देखभाल से जुड़े सभी संस्थानों को जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है

संजय शर्मा ने इस सम्मान राशि में अपना अंशदान डालकर उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया है डीसी किन्नौर किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा है कि पिछले दिनों ज़िले में ग्लेशियर पिघलने से कई स्थानों पर आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है उपायुक्त ने आज रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाढ़ के कारण कानम को जोड़ने वाली सड़क ट्रट गई थी जिसे अब बहाल कर दिया गया है इसी तरह अधिकांश स्थानों पर पेयजल आपूर्ति भी सामान्य हो गई है उपायुक्त ने कहा कि तांगलिंग नाले पर बने पुल को फिर से यातायात के लिए बहाल करने का काम जोरों पर है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा

राजधानी शिमला में भी आज सांय भारी वर्षा हुई जिससे कुछ देर के लिए शहर में जनजीवन ठहर सा गया

विभाग ने आज राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

इसे देखते हुए मंडी ज़िला प्रशासन ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों को बहुत ज़रूरी काम न होने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है मंडी ज़िला के गोहर में आज दोपहर बाद भारी भूस्खलन हुआ हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है